सुरक्षाकर्मियों को भी चोटें आयी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पांच बार स्थगित हुई उग्र नोंक झोंक का सिलसिला तब शुरू हुआ जब हंगामे के बीच प्रभारी मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने विधेयक सदन में पेश किया इसपर चर्चा भी नहीं हो सकी विपक्षी दल के सदस्य बिहार सशस्त्र बल प्रलिस विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए उग्र हो गये और सदन में तोड़फोड़ भी की जब साढ़े चार बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी थी तब विपक्षी दल राजद कांग्रेस सीपीआई माले और अन्य वामदलों के विधायकों ने अध्यक्ष विजय क्मार सिन्हा के कक्ष को घेर लिया विधायकों को वहां से हटाने के लिए विधान सभा के सुरक्षा कर्मियों को बुलाया गया नारेबाजी कर रहे विपक्षी दल के विधायकों ने अध्यक्ष के कक्ष के सामने से हटने से इंकार कर दिया बाद में विधायकों को बलपूर्वक वहां से हटाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया मौके पर पटना के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे इस दौरान पुलिस और विपक्षी विधायकों के बीच हिंसक झड़प हो गयी इस घटनाक्रम में विधान सभा कर्मियों और कई विधायकों को चोट भी आई बाद में एंबुलेंस को सदन परिसर में ब्रलाया गया और घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया घटना के विरोध में राजद सहित विपक्ष के विधायक सदन के बाहर धरना पर बैठ गये जिन्हें बल पूर्वक हटा दिया गया इसके बाद विपक्ष की महिला विधायकों ने सदन में अध्यक्ष का आसन घेरने का प्रयास किया ताकि विधेयक को पारित नहीं किया जा सके उन्हें सुरक्षा बलों और विधान सभा के सुरक्षा कर्मियों ने बल पूर्वक हटा दिया राजद की मंजू अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि विधेयक काला कानून है इसलिए वे उसका विरोध कर रही हैं विपक्षी महिला विधायकों ने मीडिया कर्मियों से कहा कि सुरक्षा बलों ने उनके साथ बदसलूकी की है इससे पहले सदन में दिन भर हंगामा होता रहा विरोध कर रहे सदस्यों ने साढ़े चार बजे सदन के भीतर अध्यासीन सदस्य प्रेम कुमार के हाथ से बिल की प्रति छीनने की कोशिश की अध्यासीन सदस्य विधेयक पर चर्चा की शुरूआत कराना चाह रहे थे हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही फिर स्थगित कर दी गयी विपक्ष के विधायक सदन के भीतर घरने पर बैठ गये हैं स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सदन के भीतर राज्य रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ भी सुरक्षाबलों की हाथापाई की खबर है घरने पर बैठे विधायकों के कारण विधान सभाध्यक्ष अपने कार्यालय कक्ष से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इधर विधान सभा में आज तीसरी बार जब कार्यवाही शुरू हुई तक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पेश किया गया इस विधेयक को लेकर सुबह कार्यवाही शुरू होने के बाद से ही विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया विपक्षी दलों का कहना था कि इस विधेयक के जरिये बिहार पुलिस को निरंकुश अधिकार दिये जा रहे है विधेयक के पारित होने के बाद पुलिस किसी को बेवजह पकड़कर जेल में रख सकती है आज हंगामे के चलते सदन में प्रश्नकाल शून्यकाल और ध्यानाकर्षण नहीं हो सका आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल राजद कांग्रेस सीपीआई माले और अन्य वामदलों के सदस्य अपनी अपनी सीटों पर खड़े होकर विधेयक के विरोध में नारेबाजी करने लगे सभाध्यक्ष ने शोरगूल कर रहे विपक्षी सदस्यों से उचित समय पर इस मुद्दे को उठाने और प्रश्नोत्तरकाल की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया सभाध्यक्ष के बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे और सदन के बीचो बीच आ गये भारी हंगामे और शोरगूल को देखते हुए अध्यक्ष ने पहले बारह बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी दोबारा जब बारह बजे सदन की बैठक शुरू हुई विपक्ष के सदस्यों का हंगामा फिर शुरू हो गया वे विधेयक के खिलाफ फिर से नारेबाजी करने लगे और सदन के बीचो बीच आ गये शोरगूल के बीच ही उप मूख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राज्य के सामाजिक और आर्थिक प्रक्षेत्र पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी इस दौरान विपक्ष के कई सदस्य सत्तापक्ष की ओर पहुंच गये उप मुख्यमंत्री जब रिपोर्ट सदन के पटल पर रख रहे थे उसी दौरान राष्ट्रीय जनता दल के एक सदस्य ने उनसे फाईल छीनने की कोशिश की हंगामे के बीच कई सदस्यों ने रिपोर्टर टेबल को पलट दिया और विधेयक की प्रतियां फाड़कर फेंक दी स्थिति अनियंत्रित होते देख अध्यक्ष ने सदन के सुरक्षाकर्मियों को बुला लिया आवश्यक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखने के बाद अध्यक्ष ने दोपहर दो बजे तक के लिए फिर से कार्यवाही स्थगित कर दी दोपहर दो बजे जब कार्यवाही शुरू हुई स्थिति में कोई बदलाव नहीं था विपक्ष के सदस्य फिर से शोरगुल और नारेबाजी करने लगे इसी बीच उप मुख्यमंत्री ने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक सदन के पटल पर रखा संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसके बाद मंत्री से फाईल छीनने वाले सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित हो गयी तीन बजे के बाद जल सदन की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई तो अध्यक्ष ने गृह विभाग के मंत्री को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक पेश करने को कहा इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी सीट पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा शुरू कर दिया इसी बीच प्रभारी गृह मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने विधेयक को सदन में पेश किया विधान सभाध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी दलों के हंगामे और उग्र व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वे सदन में चर्चा के दौरान भी अपनी बात रख सकते थे श्री सिन्हा ने कहा कि विधेयक पर चर्चा का समय आज निर्धारित किया गया था विपक्ष के सदस्यों का नाम भी पुकारा गया

उन्होंने कहा कि इस तरह का आचरण लोकतंत्र में किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने कहा है कि विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है जिसकी प्रतिष्ठा को आज राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने तार तार कर दिया विपक्षी सदस्यों की करतूतों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उन्हें स्वच्छ राजनीति में कोई विश्वास नहीं है गौरतलब है कि सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी दल के सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री से फाइल छीनने की भी कोशिश की वे उस समय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख रहे थे बेरोजगारी बढ़ती महंगाई और राज्य की कानून व्यवस्था समेत अन्य मुदृदों को लेकर राजद द्वारा आयोजित बिहार विधान सभा के घेराव कार्यक्रम के दौरान पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गयी राजद कार्यकर्ता जेपीगोलम्बर पर लगाये गये बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ गये पटना के डाक बंगला चौराहा पर प्रलिस द्वारा रोके जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ता उग्र हो गये पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन और बल प्रयोग करना पड़ा इसके बाद प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर पथराव कर दिया गया इस घटना में राजद के कई कार्यकर्ता और पुलिस के जवान घायल हो गये कई पत्रकारों को भी चोटें आयी हैं बाद में राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया विधान सभा मार्च और हिंसा के कारण पटना की कई रूटों पर यातायात घंटों तक बाधित रहा इसके चलते लोगों को परेशानियों को सामना करना पडा बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिए आज जदयू के महेश्वर हजारी ने अपना पर्चा दाखिल किया महेश्वर हजारी को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है नामांकन के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहे इधर महागठबंधन की ओर से उपाध्यक्ष पद के लिए भूदेव चौधरी ने पर्चा भरा उनके नामांकन के समय राजद के भाई वीरेन्द्र और भाकपा माले के महबूब आलम समेत विपक्ष के कई विधायक उपस्थित थे उपाध्यक्ष पद के लिये कल मतदान होगा केंद्र सरकार ने एक अप्रैल से पैंतालीस वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है

इसमें पन्द्रह लाख अंठानवे हजार तीन सौ संतानवे लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तीन लाख इक्यानवे हजार दो सौ उनतालीस लोगों को दूसरी डोज दी गयी है प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है अभी पांच सौ बाईस मरीजों का उपचार चल रहा है इसमें सबसे अधिक पटना से दो सौ बयालीस मामले हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल प्रदेश के इक्कीस जिलों से कोविड के नब्बे नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक पटना से तैंतालीस पॉजिटिव मामले सामने आये हैं राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो एक प्रतिशत है प्रदेश भर में मास्क चेकिंग के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है जो लोग मास्क के बिना पकड़े जा रहे हैं उनपर जुर्माना किया जा रहा है साथ ही दुकानों पर भी मास्क की चेकिंग चल रही है सरकार ने कहा है कि जिस दुकान में दुकानदार या ग्राहक बिना मास्क के मिलेंगे साथ ही जिन दुकानों पर सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन नहीं किया जायेगा वैसे दुकानों की सील करने की कार्रवाई होगी जमुई जिले के गिद्धौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी डॉक्टर रामस्वरूप चौधरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली पुलिस ने बताया कि मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में इलाज के दौरान तीन कैदियों की मौत हो गयी सभी गंभीर रूप से बीमार थे शेखपुरा जिले के कसार थाना क्षेत्र के बरसा गांव में स्कूली बच्चों को ले जा रहे एक ऑटो और ट्रक के बीच हुई टक्कर में एक छात्र की मौत हो गई हादसे में छह छात्र घायल हो गये हैं जमूई जिले के खैरा थाने के लालदैया चौक के पास से पूलिस एक वाहन से हथियार समेत आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया है

सुरक्षाकर्मियों को भी चोटें आयी